कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है

चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले से चर्चा में आये शहर के टाटपट्टी बाखल में स्वास्थ्य विभाग की टीम कल फिर परीक्षण करने पहॅची

खास बात यह है कि जब स्वास्थ्य विभाग का अमला यहां पहॅचा तो ताली बजाकर उसका स्वागत किया गया

उधर धार में भी एक नया मरीज मिला है हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पुलिस विभाग में कार्यरत है सतना में इन्दौर से आये रासुका के दो बंदियों की मेडिकल रिपोर्ट पॉजीटिव निकली है सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया ने बताया है कि संदिग्ध होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से इन्हें शुरू से ही अलग रखा गया था लिहाजा जिले में संकमण का कोई खतरा नहीं है

वहीं तीन लोगों की मौत हो चुकी है

गुना जिले में अब तक एक भी कोरोना पॉजीटिव नहीं मिला है

लोगों की लगातार स्कीनिंग की जा रही है

इन्हें एक छात्रावास में क्वारंटाइन किया गया है उधर छतरपुर में ऑपरेशन पहचान शुरू किया गया है जिसमें खासी सर्दी जुकाम और मरीजों की पहचान की जा रही है

बैतूल में पुलिस तब्लीगी जमात में शामिल लोगों की जानकारी निकाल रही है छिन्दवाड़ा में इस बीमारी की रोकथाम और बचाव के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहें हैं

इनकी रिपोर्ट आज देर रात तक प्राप्त हो जाएगी इससे तत्काल आवश्यक इलाज और उपाय करना संभव होगा

उन्होंने कहा कि वायरस संक्रमण का यह दौर युद्धकाल जैसा है इससे संबंधित अनुसंधान को नियमित कार्य के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए

बैठक के दौरान श्री मांडे ने कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए केंद्रीय रणनीति समूह सीएसजी गठित किया गया है इसके तहत पांच प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र निर्दिष्ट किए गए हैं इनमें आणविक निरीक्षण शीघ्र और सुलभ निदान व्यवस्था नई औषधि और सहयोगी औषधि निर्माण प्रक्रियाएं अस्पतालों के लिए सहयोगी उपकरण और निजी सुरक्षा उपकरण तथा आपूर्ति और सहयोगी प्रणाली शामिल हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने संक्रमित रोगियों की कारगर जांच के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं की सराहना की

इस दौरान उन्होंने मंडियों में बिना भीड़ के सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य समस्त सुरक्षात्मक उपायों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं श्री चौहान ने कहा कि इस बार किसानों को मंडियों से बाहर भी सीधे व्यापारियों को समर्थन मूल्य पर अपना अनाज बेचने की सुविधा दी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा है कि खरीदी के लिए किसानों को एसएमएस पर यह सूचना दी जाए कि वे किस दिनांक को तथा किस पारी में समर्थन मूल्य केन्द्रों पर अपनी फसल बेचने के लिए आएं

समीक्षा बैठक में बताया गया कि कोरोना की वर्तमान परिस्थितियों के चलते इस बार किसानों को यह सुविधा दी जा रही है कि वे सौदा पत्रक के माध्यम से भी व्यापारियों को सीधे अपना अनाज समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे

इसके अलावा किसान आईटीसी के खरीदी केन्द्रों पर भी अपनी उपज बेच सकेंगे

इस दौरान उपार्जन मनरेगा कार्य छोटी मोटी आर्थिक गतिविधियां आदि उन क्षेत्रों में की जाएंगी जहां संक्रमण नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान प्रदेश की अर्थ व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है सरकार इस संबंध में चिंतित है उन्होंने बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो निरंतर अध्ययन कर रही है कि कोरोना संकट समाप्त होने के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए खादी मॉस्क खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दोहरी परत वाले खादी मास्क की बड़ी मात्रा में आपूर्ति के आदेश मिले हैं

उन्होंने कहा कि ये विशेष मास्क हाथ से बुनी खादी से तैयार किये गये हैं जिन्हें धोया और दोबारा उपयोग किया जा सकता है

इन्दौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना प्रभावित सात मरीजों का ईलाज कर कल उन्हें एमआरटीवी अस्ताल से डिस्चार्ज कर दिया गया

इसके अलावा भोपाल जबलपुर और ग्वालियर में भी मरीजों के स्वास्थ्य में प्रगति हो रही है

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और प्रदेश भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है